श्री चौहान ने आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मान सुरक्षा और संवाद कार्यक्रम में महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बालिकाओं और महिलाओं के कल्याण के लिये अनेकों योजनाएं शुरू की हैं

श्री चौहान ने प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना का जिक करते हुए बताया कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष सभी धर्मों की हजारों बेटियों का विवाह कराया जा रहा है

शपथ कोलारस से नवनिर्वाचित विधायक महेन्द्र सिंह यादव और मुंगावली से निर्वाचित बुजेन्द्र सिंह यादव ने आज विधानसभा में शपथ ग्रहण की सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई इस दौरान सभी सदस्यों ने मेजे थपथपाकर नये सदस्यों का स्वागत किया

इसके लिये पारदर्शी व्यवस्था की गई है विधान सभा में आज हरदीप सिंह डंग के एक सवाल के जवाब में श्री भार्गव ने बताया कि आवास निर्माण के लिये हितग्राहियों को चार किस्तों में राशि प्रदान की जाती है निर्माण कार्य पूरा होने पर सभी को समय पर राशि जारी की गई है

उन्होंने शासकीय शालाओं में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों का मानदेय बढ़ाने के लिये समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया

एशिया कप बैंकाक में खेली जा रही एशिया कप चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश तीरंदाजी अकादमी की खिलाड़ी मुस्कान किरार ने कम्पाउण्ड स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में भारत को स्वर्णपदक दिलाने में कामयाबी हासिल की है उन्होंने मलेशिया की खिलाड़ी को हराकर ये उपलब्धि अर्जित की विधानसभा में आज खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस उपलब्धि का उल्लेख करते हए कहा कि हमारे लिये ये गौरव का विषय है कि प्रदेश के खिलाडी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं

इस सम्मेलन में उनके कल्याण के लिये लागू की गई योजनाओं पर चर्चा होगी